रक्षा मंत्री राजनाथसिंह ने इस क्षेत्र में स्धारों की आवश्यकता पर दिया बल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य में कोरोना मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है बेहतर इलाज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने एक वेबिनार को सम्बोधित करते हुए कहा कि नई प्रौद्योगिकी का विकास करने और रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बड़ी भूमिका देने के प्रयास किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्षों से रक्षाउत्पादों के बड़े आयातकों में शामिल रहा हैं उन्होंने रक्षा विनिर्माण में चौहत्तर प्रतिशत तक सहज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के फैसले का भी उल्लेख किया आधुनिक और आत्मनिर्मरनिर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है

इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं श्री सिंह ने बताया कि रक्षा उत्पादन दो हजार बीस का मसौदा तैयार कर लिया गया है रक्षामंत्री ने यह भी कहा कि खरीद प्रक्रिया सुगम बनाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का बेहतर उपचार मरीजों को दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार की द्रगामी सोच और सही समय पर कदम उठाने के चलते प्रदेश में कोरोना का असर तुलनात्मक रूप से काफी कम है मुख्यमंत्री कल गोण्डा जिले में बत्तीस करोड़ रूपये की लागत से निर्मित तीन सौ बेड वाले कोविड नाइन्टीन अस्पताल का लोकार्पण कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि नये कोविड अस्पताल के संचालन से देवीपाटन मंडल के गोण्डा बलरामपुर बहराइच और श्रावस्ती सहित आसपास के अन्य जनपदों में मरीजों को बेहतर सुविघाएं उपलब्ध हो सकेंगी उन्होंने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद यहां कोरोना पॉजिटिविटी दर और मृत्युदर काफी कम है राज्य में कोरोना से मृत्युदर एक दशमलव पांच प्रतिशत है वहीं पॉजिटिविटी दर चार दशमलव तीन प्रतिशत है केंद्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोविड मृत्युदर एक प्रतिशत से कम करने के उपाय करें कैबिनेट सचिव ने कल उन नौ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड की स्थिति की समीक्षा की जहां इससे मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है ये राज्य हैं महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक तेलंगाना गुजरात पश्चिमबंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब तथा आंघ्र प्रदेश देश में पिछले दो सप्ताह में कोरोना संक्रमण से मरने वालों में नवासी प्रतिशत रोगी इन्हीं प्रदेशों के हैं देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर छिहत्तर दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है कोविड के मरीजों की तुलना में इस समय देश में लगभग साढे तीन गुणा संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण पच्चीस लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में छप्पन हजार से अधिक मरीज स्वस्थ्य हुए हैं प्रदेश में सरकार कोविड नाइन्टीन संक्रमण रोकने के लिये हर संमव प्रयास कर रही है वहीं दिनों दिन बड़ी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं प्रदेश के काबीना मंत्री सिद्दार्थनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गये है उन्होंने ट्वीट कर खुद संक्रमित होने की जानकारी दी इससे पूर्व राज्य में कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं दो मंत्रियों को कोविड नाइन्टीन के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है उन्होंने अपील की है कि बीते कुछ दिनों में जो लोग भी उनके सम्पर्क में आये हैं वह अपनी कोविड जांच करा लें और खुद को क्वारन्टीन कर लें प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच हजार चार सौ तिरसठ नये कोरोना मामले आए हैं अब तक राज्य में एक लाख बावन हजार आठ सौ तिरान्नबे रोगी कोरोना से स्वस्थ हुए है कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा तीन हजार दो सौ सत्रह पहुंच गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों यानी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है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 भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि गांव के सर्वांगीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है श्री द्विवेदी कल बस्ती जिले में विभिन्न ग्राम पंचायतों के विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत के बेहतर कार्य करने के लिये पंचायत भवन का होना अत्यन्त आवश्यक होता है उन्होंने कहा कि गांव के अंतिम व्यक्ति को अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पेयजल उपलब्ध कराने के लिये ग्राम पंचायत एक अहम कड़ी है वृद्वा विधवा विकलांग पेंशन राशनकार्ड प्रधानमंत्री आवास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक ग्राम पंचायत की इच्छाशक्ति के बिना संभव नहीं हो सकता सांसद ने कहा कि व्यवस्था में कार्यरत प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति जब तक ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तब तक गांव और देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता प्रदेश में हो रही वर्षा और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों में पानी आने से प्रदेश के सत्रह जनपदों के आठ सौ तिरान्नबे गांव बाढ़ से प्रभावित है इनमें से पांच सौ बासठ गांव जलमग्न है राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार शारदा नदी पलियाकलां लखीमपुर खीरी अपने खतरे के निशान से पन्द्रह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं राप्ती नदी श्रावस्ती में राप्ती बैराज पर खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है सरयू नदी अयोध्या और बलिया में तुर्तीपार में लाल निशान से ऊपर बह रही है बाढ़ प्रभावित जनपद है अम्बेडकर नगर अयोध्या आजमगढ़ बहराइच बलिया बाराबंकी बस्ती देवरिया फर्रूखाबाद गोण्डा गोरखपुर कासगंज लखीमपुर खीरी कुशीनगर मऊ शाहजहांपुर और सीतापुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सात सौ तिरसठ नावें लगाई गई है और सात सौ चौरासी बाढ़ चौकियां स्थापित की गई है एसडीआरएफ एनडीआरएफ और पीएसी की सत्रह कम्पनियों सहित कूल उन्तीस टीमें राहत कार्यो के लिये लगाई गई है गंगा नदी का जलस्तर प्रयागराज और वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है वाराणसी में गंगा नदी के तट पर दशाश्वमेघ सहित कई घाटों के सम्पर्क जल भराव के कारण ट्ट गये है